उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को उन निर्देशों की जानकारी दी

यह रथ लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल ग्वालियर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शार्मा राहतगढ़ और सुरखी में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे जबकि केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज सांची विधानसभा क्षेत्र के गैरतगंज और देवनगर में सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विफलताओं और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को मतदाताओं के बीच जाने आहवान किया वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ कल अनूपपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे

इनमें मुरैना से राकेश मावई मेहगांव से हेमंत कटारे और बड़ा मल्हारा से रामसिया भारती को प्रत्याशी बनाया है जबकि बदनावर सीट से पहले घोषित प्रत्याशी की जगह अब कमल सिंह पटेल को टिकट दिया है मंत्रि परिषद राज्य मंत्रि परिषद ने सड़क बत्ती के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है

सीएम निर्दे श मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने इस संबंध में आज एक उच्च स्तरीय बैठक कर ट्रस्ट की अनियमिततियों की जांच राज्य आर्थिक अन्वेशण शाखा को सौंपने को भी निर्देश दिये हैं श्री चौहान ने बताया कि राजस्व विभाग में एक अलग समिति गठित की जायेगी जो ट्रस्ट की परिसंपत्तियों भूमि से संबंधित रख रखाव और निगरानी करेगी

श्री चौहान ने आज उनसे मिलने रेत व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्हें यह आश्वसान दिया कि वैध रूप से रेत खनन परिवहन करने वालों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जायेगी

जबलपुर में संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

शहडोल जिले में संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है

खेल प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण ने सभी खेल प्रशिक्षकों से वर्ष में दो बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है ताकि स्वास्थ्य मानकों के आधार पर प्रशिक्षकों की फिटनेस आय् के अनुसार तय की जा सके

प्राधिकरण ने कहा कि खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों का स्वस्थ्य होना जरूरी है शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर श्रीनगर से लखनऊ के रास्ते गृहग्राम सतना जिले के पड़िया लाया जा रहा है यहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जायेगी उल्लेखनीय है कल आंतकी हमले के दौरान जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गये थे

परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण विभाग की इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है आईपीएल अबुधावी में हो रहे आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ हो रहा है

श्री खेर एक फिल्म के सिलसिले में आए हुए हैं